रायपुर जिले के धरसींवा क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत

किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपये का लाभ देने के अपने संशोधित फैसले के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इस फैसले से चौदह करोड़ पचास लाख किसानों को लाभ होगा पहले केवल छोर्ट और सीमांत किसानों को यह लाभ देने का फैसला किया गया था लेकिन अब सभी किसानों को इसका फायदा मिलेगा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है महंत गौठान लोकार्पण राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुवा घूरवा और बाड़ी के तहत बिलासपुर के मरवाही जनपद पंचायत के गुल्लीडांड गांव में आदर्श गौठान का निर्माण किया गया है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल इसका लोकार्पण किया मॉडल गौठान छह एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है इसके पास साढ़े छह एकड़ क्षेत्र में चारागाह भी बनाया गया है गौठान में छह सौ से अधिक पशु विचरण कर सकते हैं इस अवसर पर डॉक्टर महंत ने कहा कि गौठान की संकल्पना वैज्ञानिक आधार पर आधारित है गौठान के बनने से मवेशियों को रखने की सुविधा के साथ सड़क हादसों में भी कमी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी

उन्होंने राजनांदगांव जिले के अपने पैतुक गांव ठेकुआ में नब्बे वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनके अंतिम दर्शन कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी और लोक गायिका ममता चंद्राकर समेत कई हस्तियां शामिल हई छत्तीसगढ़ के संगीत सम्राट कहे जाने वाले खुमानलाल साव ने प्रदेश की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चंदैनी गोंदा संस्था की स्थापना की इसके माध्यम से उन्होंने पांच हजार से अधिक प्रस्तुतियां दीं इसके साथ ही आम लोगों की बोली में जमीन से जुड़े उनके गीत प्रदेश देश की सरहदें पार कर सात समुंदर पार तक जा पहुंचे संगीत के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुमानलाल साव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने अपने टवीट संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के पुरोधा खुमान साव का जाना राज्य के लिए अप्रणीय क्षति है उन्होंने कहा कि संगीत नाट्य अकादमी द्वारा सम्मानित खुमानलाल साव चंदैनी गोंदा के माध्यम से लोकगीत और संगीत को सहेजने संवारने में लगे रहे ग्रामोद्योग समीक्षा बैठक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को खादी वस्त्र की बिक्री पर अब ग्राहकों को तीस प्रतिशत छूट दी जाएगी अब तक गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों की खरीदी पर पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाती थी

बैठक में उन्होंने विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में हाथकरघा प्रभाग के दुर्ग जिले के सहायक संचालक को निलंबित करने के निर्देश दिये मुकेश ग्प्ता मिक्की मेहता निलंबित पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता के खिलाफ पुलिस महानिदेशक जेल गिरधारी नायक ने डॉक्टर मिक्की मेहता की संदिग्ध मौत की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है यह जांच चार महीने पहले शुरू की गई थी गौरतलब है कि डॉक्टर मिक्की मेहता से मुकेश गुप्ता ने कथित तौर पर विवाह किया था और वर्ष दो हजार एक में मिक्की मेहता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी

वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है जिसे रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल में चार लोग सवार होकर कपसदा से चरोदा जा रहे थे इसी दौरान चरोदा बाईपास के पास एक चारपहिया वाहन से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई हिरण मौत आरोपी गिरफ्तार धमतरी जिले के मोहलई गांव के जंगल में कल बारह हिरणों की मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है वन विभाग के अनुसार जंगल में हिरणों का झूंड पानी पीर्न के लिए वहां पहुंचा था इसी दौरान विषाक्त पानी पीने से हिरणों की मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिरणों के पेट में यूरिया होने की बात सामने आई प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी के निर्देश पर अचानकमार टाईगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने मोहलई गांव के ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है आरोपी के पास से हिरणों के दो सींग चीतल के हड्डी यूरिया सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं स्काई वॉक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने रायपुर में निर्माणाधीन स्काई वॉक तोड़ने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का स्वागत किया है कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि स्काई वॉक राज्य की पिछली सरकार के अदूरदर्शी विकास का परिणाम है स्काई वॉक के कारण सड़क की चौड़ाई अलग कम हो गयी शहर का हर नागरिक इससे निजात चाहता है मुख्यमंत्री ने इसको तोड़ने का निर्णय लेकर जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लिया है विश्व कप क्रिकेट आईसीसी विश्व कप क्रिकेट ट्र्नामेंट में आज लंदन के केनिंग्टन ओवल मैदान में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने आस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए तीन सौ तिरपन रनों का लक्ष्य रखा है इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हए भारत ने निर्धारित पचास आवरों में पांच विकेट पर तीन सौ बावन रन बनाए भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने एक सौ सत्रह और रोहित शर्मा ने संतावन रनों की शानदार पारी खेली वहीं कप्तान विराट कोहली ने बयासी और हार्दिक पांडया ने अड़तालीस रनों का योगदान दिया आस्ट्रेलिया की तरफ से तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए मौसम प्रदेश में आज सुकमा पलारी और छिंदगढ़ सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हई मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं वहीं कुछ स्थानों पर मौसम विभाग ने तेज अंधड़ चलने की चेतावनी दी है

बिलासपुर जिले के खैरझिटी गांव में बीती रात एक घर में आग लगने से मां और बेटी की जलकर मौत हो गई इस आग में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है जिला रोजगार और स्व रोजगार मागदर्शन केंद्र रायपुर की ओर कल दस जून को मेगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है इसके माध्यम से लैब कॉडिनेटर और जिला कॉडिनेटर के दो सौ से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी रायपुर जिले के कान्दुल गांव में जिला प्रशासन ने करीब दस एकड़ क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए वहां बनाए गए निर्माण को तोड़ दिया भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा कल राजधानी रायपुर के फाफाडीह स्थित उपभोक्ता सेवा केन्द्र में टेलीफोन अदालत और खुला मंच का आयोजन किया जाएगा